उनका अंतिम संस्कार नई दिल्ली को लोघी रोड स्थित मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ किया गया गौरतलब है कि दिल का दौरा पड़ने से संषमा स्वराज को कल रात एम्स में भर्ती कराया गया था जहां उनका निधन हो गया वे सडसठ वर्ष की थीं इससे पहले दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया इसके बाद भाजपा मुख्यालय में भी उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सूषमा स्वराज के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज नई दिल्ली पहुंची और उन्होंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज के निवास पर जाकर उन्हें अपनी प्रष्पांजलि अर्पित की राज्यपाल ने कहा कि सुषमा स्वराज महान नेता योग्य नेतृत्वकर्ता और प्रखर वक्ता थीं उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अप्रणीय क्षति है वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बर्घेल ने श्रीमती स्वराज के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए अपने शोक संदेश में कहा कि सुषमा स्वराज ने अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में अनेक पदों पर सफलतापूर्वक कार्य करते हुए अपनी गहरी छाप छोड़ी है वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है बारिश प्रदेश के कई जिलों खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में बीते लगभग छत्तीस घंटों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है लगातार बारिश के चलते बीजापुर और सुकमा सहित कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं और अंदरूनी इलाकों का सडक संपर्क टट गया है सुकमा से हमारे संवाददाता ने बताया कि शबरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है

प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी बीते चौबीस घंटों से मानसून फिर सक्रिय हो गया है और रूक रूककर बारिश हो रही है राजधानी रायपुर में भी आज दोपहर बाद आसमान पर काले घने बादल छाए और तेज बारिश हुई मौसम विमाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है

इस कारण तीन ँ वैगन भी पलट गई है इसके चलते रायपुर विशाखापट्नम एक्सेप्रस कोरबा विशाखापटनम एक्सेप्रस दूर्ग विशाखापटनम पैंसेजर रद्द कर दी गई है वहीं अहमदाबाद पूरी और विशाखापटनम निजामुद्दीन के बीच चलने वाली गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है

इस नियम के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर की नियंक्ति एक वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर परिवीक्षा पर की जाएगी ऐसे डॉक्टर जिन्होंने कॉलेज में सीनियर रेसोडेंट या अन्य वरिष्ठ चिर्कित्सा शिक्षक के रूप में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए कार्य किया है तो उसे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी चयन समिति परिवीक्षा अवधि के दौरान डॉक्टर द्वारा किए गए अध्यापन और चिकित्सीय कार्यों क आधार पर उन्हें नियुक्त करने की अनुशंसा करेगी नया आदर्श सेवा नियम राज्य शासन द्वारा स्थापित स्वशासी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में लागू होगा वहीं रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय को इस नियम से अलग रखा गया है

बस्तर संभाग में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के ं तहत आज सुबह सर्थिंग पर निकले सुरक्षा बलों ने अरनपुर थाना क्षेत्र से घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार किया इनमें से एक माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इधर कांकेर और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने छह आईईडी बम बरामद किए हैं डीएसपी नक्सल ऑपरेशन अमृत कजूर ने बताया कि कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इसी दौरान राजपुर गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए पांच विस्फोटक बरामद किए वहीं सुकमा जिले के फुलबगड़ी और केरलापाल के पास भी सुरक्षा बलों ने बीस किलो की बारूदी सुरंग का पता लगाया जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया

यह पंजीयन चौदह अगस्त तक कार्यालयीन समय में कराना होगा रक्षाबंधन के लिए पहले पंजीयन कराने वाले बहनों को प्राथमिकता दी जाएगी बंदियों को राखी बांधने वाली बहनों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा जिसकी जांच के पश्चात ही उन्हें जेल में प्रवेश दिया जाएगा संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सौजन्य मुलाकात की इस मौके पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ में निर्मित शिल्पकृति भेंट की वहीं राष्ट्रपति ने राज्यपाल सुश्री उइके को संविधान की पुस्तक मेंट स्वरूप दी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक की प्रक और अवसर परीक्षा के परिणाम कल दोपहर तीन बजे घोषित किए जाएंगे इन्हें मंडल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूर्ग जिले के मोहदा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के माध्यम से करोड़ों लोगों को कल्याण का रास्ता दिखाया है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है पार्टी ने घोषणा पत्र में मुख्य रूप से शराब दुकानों को बंद कर वहां डेयरी फॉर्म खोलने की बात कही है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कल आठ अगस्त को प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों स्कूलों और महाविद्यालयों में एक से उन्नीस वर्ष तक के बालक बालिकाओं को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी बिलासपुर जिले के पेण्ड्रा में पुलिस ने एक वाहन से चार क्विंटल गांजा बरामद किया है